प्रदेश में घर बनाने के लिये सरकार जमीन और ढाई लाख रूपये देगी योजना आज से शुरू राज्य सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए भाजपा ने पूरे प्रदेश में किया प्रदर्शन कांग्रेस ने गिनाई उपलब्धियां इंदौर धार खंडवा और खरगोन सहित प्रदेश के पैंतीस जिलों में कल भी भारी बारिश की चेतावनी स्वच्छता ही सेवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मथुरा में स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की

सिंगल यूज प्लास्टिक यानी ऐसा प्लास्टिक जिसे एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत प्रदेश में भी विशेष ग्रामसभाओं का आयोजन किया गया जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा सरपंचों को लिखे पत्र को पढ़कर सुनाया गया प्रधानमंत्री ने मथुरा से राष्ट्रीय पश् रोग नियंत्रण कार्यक्रम की श्रूआत भी की इसका उद्देश्य पशुओं में खुरपका मुंहपका और ब्रसीलोसिस रोगों का उन्मूलन करना है कार्यक्रम के तहत पचास करोड़ से ज्यादा पशुओं को टीके लगाए जाएंगे

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के हर आवासहिन को निःशल्क पट्टा दिया जाएगा और मकान बनाने के लिये ढ़ाई लाख रूपये का अनुदान भी सरकार देगी श्री नाथ ने कहा कि हम प्रदेश में आलोचना गुमराह और घोषणाओं की बजाय काम करने की संस्कृति बना रहे हैं

मिशन का उददेश्य प्रदेश के सभी शहरों में गरीबों को आवासीय भूमि का पटटा एवं पक्का आवास उपलब्ध कराना है

इस विरोध प्रदर्शन को घंटानाद नाम दिया गया था आंदोलन के जरिए भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और सभी जिलों में कलेक्ट्रेट का घेराव किया कार्यकर्ताओं ने घंटे घड़ियाल और झांझ मंजीरा बजाए और मध्यप्रदेश बचाओ कांग्रेस सरकार भगाओ के नारे लगाए भोपाल में कलेक्ट्रेट के बाहर भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह और अन्य कार्यकर्ताओं पुलिस ने हिरासत में ले लिया हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया भाजपा का दावा है कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ने से अराजकता की स्थिति है किसान परेशान है कर्जमाफी के नाम पर किसानों से छलावा किया गया विदिशा में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगवाई में प्रदर्शन किया गया जबलपूर में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव सागर में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा इंदौर में सुमित्रा महाजन और नन्द कुमार सिंह चौहान उज्जैन में विक्रम वर्मा ग्वालियर में भूपेन्द्र सिंह शिवपुरी में पूर्व मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया की अगवाई में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया छतरपुर पन्ना नरसिंहपुर भिण्ड मुरैना गना शाजापुर राजगढ आगरमालवा खंडवा उमरिया धार और बैतूल में भी भाजपा नेताओं ने प्रदर्शन किया उधर कांग्रेस की ओर से भी आज सभी जिला मुख्यालयों पर प्रेस वार्ता आयोजित कर राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया जा रहा है

विदिशा और रायसेन में बाढ के हालात बन गए हैं वहीं भोपाल में शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है

सेना भर्ती कार्यालय भोपाल से प्राप्त जानकारी के अनुसार सोल्जर सामान्य टेक्निकल नर्सिंग सोल्जर क्लर्क सोल्जर ट्रेडमेन सोल्जर फार्मा आदि पदों के लिये यहां भर्ती होगी भर्ती रैली में शामिल होने के लिए ऑनलाईन आवेदन प्रकिया शुरू हो चुकी है

इस रैली में हरदा बैतूल सीहोर राजगढ़ छिंदवाड़ा होशंगाबाद रायसेन और भोपाल जिले के युवा भाग ले सकेंगे केवल सोल्जर फार्मा पद के लिए विदिशा हरदा बैतूल सीहोर सहित विभिन्न जिलों के युवा शामिल हो सकते हैं नर्सिंग भर्ती लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा नर्सिंग सिस्टर और सिस्टर ट्यूटर पदों पर विभागीय सीधी भर्ती की जा रही है